पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज ट्वीट कर बयान जारी किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरन्तर बढता जा रहा है टिड्डी किसानों की फसल पर हमले कर रही है महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ रहे हैं ऐसे में कांग्रेस भाजपा और पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाा रही है उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सिर्फ जनता का हित सर्वोपरी होना चाहिए इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गहलोत सरकार बनने के बाद कांग्रेस में शीत युद्ध की स्थिति बनी रही

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार के पास बहमत है और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में सिद्ध किया जायेगा उन्होंने कहा कि अब तक दो बागी विधायकों को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है यदि अन्य विधायक वापस आना चाहते हैं तो उन पर पार्टी सहानुभूति से विचार करेगी

उन्होंने कहा कि बागी विधायक वापस लौटने को बेताब हैं लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है उधर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने गलती मान तो ली है लेकिन अब पार्टी डरी हई है इस सबके बीच बहजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट कर कहा कि राजनीतिक गतिरोध और उठापटक के हालात पर राज्यपाल को संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की ज्यादा द्र्दशा न हो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनकी पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने को दलबदल कानूनी का उल्लंघन बताया आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है इस बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिए परिवाद के आधार पर ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि कल श्री जोशी द्वारा बयान दर्ज कराए गए और ऑडियो टेप भी दिए गए जिसके बाद केस दर्ज किया गया इस घटनाकम के बाद प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा मुख्य सचेतक के प्रार्थना पत्र पर तुरंत केस दर्ज हुआ जबकि भाजपा द्वारा कल दी गयी शिकायत पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि फोन टैपिंग के लिए क्या गृह विभाग की अनमति ली गयी है इससे पहले एसओजी द्वारा दर्ज किए मामले में गिरफतार आरोपी संजय जैन को एसओजी के विशेष न्यायालय ने चार दिन के रिमांड पर भेज दिया

इस बीच बीकानेर में हाल के दिनों में कोरोना संकमण के बढते मामलों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढा दी है

कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उप चुनाव होने हैं

आयोग ने कहा कि मास्क पहनना सुरक्षित दूरी बनाए रखना भीड वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लोगों के तापमान की जांच और सेनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किये गये हैं आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर एनडीए सीडीसी पास किए सैनिकों के लिए प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित रखेगा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में ये फैसला किया गया कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि इस पर शैक्षणिक अवकाश प्राप्त सैनिक को न्यूनतम प्राप्तांक पर भी प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर इस सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एवं आनंदम पाठ्यक्रम लाग किया जाएगा

जयपूर और सिरोही में भी कुछ इलाके में बारिश हुई